भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण

जरूरत हुई तो रोजाना एक घंटा अतिरिक्त सुनवाई या शनिवार को भी सुनवाई की जाएगी जिरह को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वो अगले हफ्ते के अंत तक बहस पूरी कर लेगा रामलला पक्ष उस पर दो दिन में जवाब देगा जबकि निर्मोही अखाड़े ने जवाब का समय नहीं बताया है न्यायालय ने सभी पक्षों के वकीलों से ये बताने को कहा था कि उन्हें दलील रखने के लिए और कितना समय चाहिए

रक्षा मंत्रालय के अनुसार अस्त्र ने हवा में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा और पूरे मिशन को सम्पन्न किया लक्षित मिसाइल का रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग करते हुए पता लगाया गया और अस्त्र ने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक वार किया मिसाइल का विकास सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन डी आर डो ओ ने किया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र के सफल परीक्षण पर डी आर डी ओ और वायुसेना को बधाई दी है

कल मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है और सरकार वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को वापस उच्च वृद्धि दर पर लाने के प्रति सतर्क है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

दौरे में जल संग्रहण के लिए किये जा रहे कार्यो का अवलोकन करते हुए तकनीकी जानकारी भी दी गई

भारत पाक की बैठक में पहली बार यूएनओ शामिल हो रहा है बैठक में इस बार भारत की ओर से देश के प्लांट प्रोडेक्शन डायरेक्टर राजेश मलिक भाग लेंगे टिड्डी से निपटने के लिए यूएनओ पेस्टीसाइड सहित अन्य रणनीति पर दिशा निर्देश दे सकता है

छोटे टिड्डी दल के अलावा व्यस्क हॉपर्स की भरमार है पाकिस्तान के क्छ ही क्षेत्र में टिड्डी बची हैं यमन में भी हालत खस्ता है अफ्रीका में फिर से टिड्डी की समर ब्रीडिंग होने से वहां भी टिड्डी वापस आ गई है

न्यायालय ने कहा कि यह भी देखे जाने की जरूरत है कि क्या गोडावण के आश्रय स्थलों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अलग से नियम बनाए जा सकते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि गोडावण के संरक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वर्तमान में डीएनपी के किस भाग में गोडावण के आश्रय स्थलों की सुरक्षा की जा सकती है

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी अनिल पालीवाल ने बताया कि बाड़मेर जिले के रामसर तहसील के इन्द्रोही गांव निवासी विक्रमसिंह के खिलाफ लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी करने में का मामला दर्ज किया गया है

पुलिस ने कार को जब्त कर इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

इधर सीकर में इस उपलक्ष्य में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है

विभाग की अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि प्रतियोगिता में पहले दूसरे और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र भी दिये गये

धीरे धीरे कुरजां के झुंड खीचन पहुंचने लगे हैं कुरजां पक्षी हर साल सितम्बर महीने में लाठी के आसपास के गांवों में पहुंच जाते हैं तथा मार्च में गर्मी की शुरुआत के बाद उड़कर अपने वतन वापस चले जाते है